राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदे में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को स्वीकृति दी

जैव ईंधन से संचालित देश की पहली उड़ान आज देहरादून से नई दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उड़ान को किया रवाना

आयुष्मान भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लोगो जारी किया इस योजना के तहत दे के हर परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक बीमा कवर मिलेगा इस योजना से दस करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा

इस मौके पर श्री नड्डा ने जानकारी दी कि सात राज्यों ने इस योजना को बीमा योजना के तहत स्वीकार किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कॉल सेंटर की शुरूआत पांच सितम्बर से होगी

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में आज इस योजना को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के नाम से अनुमोदित किया गया अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा उपचार का लाभ दिया जाएगा

आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का लाभ देश के सूचीबद्ध चिकित्सालयों के माध्यम से मिल सकेगा

सचिवालय में हई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस योजना के तहत असीमित स्तर का बीमा कवर किया जाएगा इसके लिए योजना में सम्मलित होने वाले सभी कार्मिकों को वार्षिक अंशदान का भुगतान करना होगा जो कार्मिकों के मासिक वेतन से लिया जाएगा कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि राजकीय कर्मचारियों और पेशनर्स एवं उनके आश्रितों को ओपीडी के दौरान उपचार के लिए निर्धारित निजी क्षेत्र के पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक केंद्रों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा आयुष्मान उत्तराखण्ड जारी आयुष्मान उत्तराखण्ड को सफल रूप से लागू करने के लिए अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की तैनाती की जाएगी जो इलाज के दौरान मरीजों की देखभाल करेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार के बीमार सदस्य को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है योजना के तहत भर्ती होने से तीन दिन पहले मरीज द्वारा की गई सभी जांचों के लिए किया गया खर्च भी लाभार्थी को दिया जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों को निर्धारित पैकेज दर से दस प्रतिशत अधिक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी

इस कारण आवाजाही करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है पौड़ी जिले में कोटद्वार से दग्गडा की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले तीन दिनों से आवाजाही के लिए बंद पड़ा है इस क्षेत्र में हई भारी बारिश के कारण यह मार्ग विभिन्न स्थानों पर आवाजाही के लिए अवरूद्व हो गया था जिसे आज दोपहर बाद पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया हमारे पौड़ी प्रतिनिधि ने बताया है कि कल दोपहर तक कोटद्वार दुगड्डा मोटरमार्ग छोटे वाहनों के लिए खुल पाएगा जबकि बड़े वाहनों के लिए इस मार्ग के शुरु होने में अभी और समय लगेगा

उधर चमोली जिले में बदरीनाथ धाम को जाने वाला रास्ता लामबगड़ और क्षेत्रपाल के बीच पिछले पांच दिनों से बंद पड़ा है जिसे खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उड़ान जैव ईंधन से चलने वाले देश के पहले यात्री विमान ने आज देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरी प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस यात्री विमान को देहरादून से नई दिल्ली के लिए झण्डी दिखाकर रवाना किया यह परीक्षण उड़ान जौलीग्रांट हवाई अड़डा देहरादून से नई दिल्ली के इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के लिए थी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नागर विमानन राज्य मंत्री जयन्त सिन्हा ने इस उड़ान को स्वागत किया है श्री प्रधान ने ट्वीट संदेश में कहा कि वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा प्रयास है श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत इस परीक्षण से परिवहन और विमानन क्षेत्र में टिकाऊ और वैकलपिक ईंधनों को बढ़ावा मिलेगा देश में इस तरह के पहले परीक्षण के लिए जैव ईंधन देहरादून के भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने विकसित किया है इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू ने ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने पर बल दिया है सबसे बड़ी पर्यावरण की हानियदि किसी के कारण होती होगी तो फासिल फ्यूल के इस्तेमाल से सबसेज्यादा हानि होती है और ये फ्यूल यदि ऐसे माध्यम से हम पाते हैं जिसके कारण धरती के ऊपर बोझ बढ़ता है तो हमारे लिए बहुतही चिंता का कारण है और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वालाएविएशन सैक्टर हमारा देश का है इसीलिए फ्यूल को बदलना यही एकआवश्यक है क्योंकि विदआउट फ्यूल तो गाड़ीचलेगी नहीं उड़ान जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह पर्यावरण अनुकृल पहल है जिससे आयात खर्च कम होगा उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरूआत है और इसे व्यापक स्तर पर ले जाने की जरूरत है मेरे को इस बात की खुशी हैकि द्वनिया में तीन चार देशों में ही अभी शायद इस प्रकार से बायो जैटफ्यूल यूज हो रहा है उसके अंदर भारत भी शामिल हो गया है आज और बहुत जल्द वह दिन भी हमें देखने को मिलेगा जब बड़े पैमाने पर जो है हवाई जहाजों केअंदर इसका इस्तेमाल होगा सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म से तैयार ईंधन पर निर्भरता कम करने के वास्ते जैव ईंधन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है

रूरल इकोनॉमी को कितना ब्रस्ट मिलेगा और उसके साथ साथ एविएशन का इकोनॉमिक बायब्लिटीबढ़ेगी और पाल्यूशन समाप्त हो जायेगा

उन्होंने कहा था कि जैव ईंधन सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि मंत्र है जो भारत को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को नई ऊर्जा उपलब्ध करायेगा श्री मोदी ने यह भी कहा था कि जैव ईधन से ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार और बदलाव आयेगा डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है पहले लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए भटकना पड़ता था लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत अब कामकाज डिजिटल होने से लोगों के लिए आसानी हो गई है निजी संस्थानों से लेकर सरकारी संस्थान भी इसका लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम ने अपने विश्राम गृहों और होटलों का डिजिटलाइजेशन करने के बाद अब ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की है जिससे सभी होटलों में अच्छा व्यापार हो रहा है निगम साल भर कैलाश मानसरोवर यात्रा से लेकर कई तरह की यात्राएं कराता है जिसमे अब पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है

पर्यटेक अब बुकिंग होने पर सीधे होटल पर आ जाते है निगम ने यहां डिजिटल भुगतान की सुविधा भी दी है जिससे पर्यटकों का हर तरह से डिजिटल इंडिया योजना का फायदा मिल रहा है